अभियान के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज फेसबुक लाइव के दौरान चर्चा करते हुए इन कृषि विधेयकों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि किसान किसी के बहकावे में नहीं आएं ये कानून उनके हित में ही बनाए गए हैं

नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के प्रबंधन में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है और यह नियंत्रण में है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सर्दी के महीनों को देखते हुए बहुत सतर्क रहें क्योंकि इस दौरान सांस से सम्बंधित बीमारियों के प्रकोप की आशंका अधिक रहती है डॉक्टर पॉल ने सभी लोगों से मास्क पहनने और किसी के भी सम्पर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने का भी आग्रह किया

पिछले कई दिनों से लगातार जयपुर और जोधपुर जिलों में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं

इधर कोरोना संकमण को रोकने के लिए जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं दौसा प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है आज जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने इस अभियान के पोस्टर का विमोचन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट सहित सभी सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क किसी की भी एंट्री नहीं होगी साथ ही उन्होंने निजी कार्यालयों को भी नो मास्क नो एंट्री का पालन करने के निर्देश दिए

एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस तरह की खबरों को गलत बताया है और स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया